राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल के मिन्टो हॉल में मतदाता दिवस के राज्यस्तरीय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को मतदान करने की शपथ भी दिलाई राज्यपाल ने कहा कि सभी को मतदान करना चाहिए चुनाव आयोग भी इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है उन्होंने अपने घर से दूर रहने वाले लोगों के लिए ऑनलाइन मतदान की सुविधा देने का सुझाव भी दिया उन्होंने कहा कि कोई भी मतदाता कहीं से भी मतदान कर सकें इसके लिए आयोग पहल कर रहा है

कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का संदेश पढ़ा इसके अलावा मध्यप्रदेश में चुनावी गतिविधियों के लिए बनाए गए स्टेट आइकॉन दिव्यांका त्रिपाठी और राजीव वर्मा ने अपने अनुभव साझा किए मतदाता जागरुकता पर मध्यप्रदेश आउटरीच ब्यूरो ने यहां एक प्रदर्शनी लगाई है राज्यपाल श्रीमती पटेल ने इसका अवलोकन भी किया अशोकनगरसागर और छतरपुर सहित सभी जिलों में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं

राष्ट्रपति का भाषण आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर शाम सात बजे से बारी बारी से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण के बाद राष्ट्रपति का भाषण द्ररदर्शन के क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों से भी प्रसारित किया जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रपति के भाषण को मुक बधिर लोगों तक पहंचाने के लिये भी व्यवस्था की है

आज सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचारों का प्रसारण राष्ट्रपति के सम्बोधन के बाद रात्रि आठ बजे से होगा कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि निवेश की मांग नहीं की जा सकती निवेश को बेहतर प्रबंधन के साथ निमंत्रित किया जा सकता है निवेश को निमंत्रित करने के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता है सरकार प्रदेश में ऐसा वातावरण तैयार करेगी जिससे यहां ज्यादा से ज्यादा निवेश को आकर्षित किया जा सके मुख्यमंत्री दावोस में सीआईआई और मध्यप्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इन्वेस्ट मध्यप्रदेश कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री नाथ ने कान्फ्रेंस में प्रतिभागी उद्योगपतियों को मध्यप्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया

उनकी कहानी संग्रह बादलों के घेरे उपन्यास मित्रों मरजानी और तीन पहाड़ जैसी अनेक मशहूर रचनाएं हैं मौसम जम्मू कश्मीर समेत देश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश के कारण प्रदेश में राजधानी भोपाल समेत अनेक स्थानों पर आज लगातार दूसरे दिन भी सुबह घने कोहरे का असर रहा वहीं महाकौशल में अनेक स्थानों पर बारिश और कहीं कहीं ओले गिरे हैं ग्वालियर और चंबल अंचल के अलावा राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह साढ़े आठ बजे के बाद भी कोहरा छाया रहा कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो रहा है इसके अलावा अनेक स्थानों पर बादल भी छाए रहे छिंदवाड़ा सिवनी नरसिंहपुर शिवपुरी मुरैना सतना रीवा बैतूल आदि जिलों में अनेक स्थानों पर कल देर शाम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हुयी इस तरह का मौसम फिलहाल एक दो दिन बने रहने की संभावना है

हादसे में चार लोग घायल हो गये जिनमें से एक की हालत गम्भीर है